आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देर्ते हुए श्री मोदी ने कहा कि समस्याओं का शीघ्रता से समाधान जरूरी है और हमारे सभी फैसले सही तथा निर्णायक होने चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने इस सरकार के कार्यो और काम करने की रफ्तार को देखकर ही चुनाव में उसे ज्यादा बड़े जनादेश से विजयी बनाया

धार कार्यवाही धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र में कल भीड़ द्वारा की गई मारपीट के मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है गृह मंत्री बाला बच्चन ने बड़वानी में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि पुलिस ने आज पांच आरोपिओं को गिरफ्तार कर लिया है वहीं इस मामले में अपर महानिदेशक विवेक शर्मा ने मनावर टीआई समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है गौरतलब है कि उज्जैन के छह लोगों पर कल भीड़ ने हमला कर दिया था जिसमें एक की मौत हो गयी तथा पांच अन्य घायल हो गए थे घायलों को इंदौर में भर्ती कराया गया है स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट और खेल मंत्री जीतू पटवारी आज अस्पताल में घायलों से मिलने भी पहुंचे वहीं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा के आगामी बजट सत्र में उठायेंगे कोरोना वायरस कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि होटलों और हवाईअड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की पहचान करके उनसे उनके आने जाने और रुकने की पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से हासिल की जाए सांची और बांधवगढ़ सहित राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर चिकित्सा आउट पोस्ट स्थापित किए गए हैं अनूपपुर में भी चीन से लौटी एक छात्रा के सैम्पल डाक्टरों ने जांच के लिए पुणे भेजे हैं

राजस्व विभाग ने केन्द्र सरकार के सर्वे ऑफ इण्डिया से आबादी सर्वे और सीमांकन एक्यूरेसी के लिए कन्टीन्यूसली ऑपरेटिंग रिफरेंस स्टेशन एमओयू भी साईन किया

रेपो रेट को पांच दशमलव एक पांच प्रतिशत पर बनाए रखा गया है

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब टिवटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसर्क अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय से संबंधित संसदीय स्थाई समिति ने निर्वाचन आयोग सहित विभिन्न पक्षों से विचार विमर्श के बाद इस मुद्दे की समीक्षा की

श्री प्रसाद ने कहा कि इसकी अगली समीक्षा के लिए इसे विधि आयोग को सौंप दिया गया है दिव्यांग निर्देश राज्य सरकार ने दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए नगरीय निकायों के भवनों स्कूलों कम्युनिटी हॉल पार्क सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर रैम्प रेलिंग बनवाने के निर्देश दिए हैं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त पी नरहरि ने सभी नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्बाधा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग और वृद्वजन के लिये बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने के संबंध में निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही करने को कहा हें अलंकरण समारोह पार्ष्व गायिका सुमन कल्याणपुर और संगीत निर्देषक कुलदीप सिंह को लता मंगेषकर सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है

इन्दौर में आयोजित इस समारोह में प्रदेष की संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ मुख्य अतिथि हैं अलंकरण समारोह में युवा पार्ष्य गायिका मोनाली ठाकुर गीतों की प्रस्तुतियां देगी समारोह के दौरान संभाग और राज्य स्तर पर आयोजित की गई लता मंगेषकर सुगम संर्गीत प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा मौसम प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से ठण्ड बढ़ गई है राजधानी भोपाल में भी आज सुबह से आसमान में हल्के बादल छाए हए है बादलों के बीच सुरज की लुकाछिपी जारी है आज प्रदेश में सबसे कम तापमान छह डिग्री सेल्सियस रीवा में दर्ज किया गया

वहीं शेष जिलों में मौस शुष्क रहेगा